राज्य में चुनाव को प्रभावित करने वाले ग्यारह लाख लोगों की हुयी पहचान

जांच के लिये बनायी गयी विशेष टीम और मौसम विभाग ने जतायी आशंका

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि आज है जमुई औरंगाबाद नवादा और गया में होने वाले चूनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे पहले और दूसरे चरण के लिये अब तक पंद्रह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं दूसरे चरण में कटिहार किशनगंज पूर्णिया भागलपुर और बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये छब्बीस मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं राज्य में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले लगभग ग्यारह लाख व्यक्तियों की पहचान चुनाव आयोग ने की है जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी की गयी है उन्होंने कहा कि अब तक छत्तीस हजार पांच सौ दस मामले दर्ज कराये जा चुके हैं जबकि तीन लाख पांच हजार तीन सौ सोलह व्यक्तियों को नोटिस दी गयी है निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि छह माह से अधिक समय से लंबित गैर जमानतीय उन्नीस हजार चार सौ सत्रह वारंटों पर कार्रवाई की गयी है उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जा रही है इन इलाकों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन मोटरसाइकिलों को भी जब्त करेगा पटना जिला में जिन स्थानों पर बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं उन स्थानों पर पुलिस और चुनाव कर्मियों को भेजने के लिये जब्त मोटरसाइकिल का उपयोग किया जा सकता है इसके लिये मोटरसाइकिल मालिक को दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलेगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले के लगभग डेढ़ सौ मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील घोषित किया जा रहा है इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे वहीं एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों के माध्यम से देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने खेलकूद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटैग वोट कर का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया लोकसभा चुनाव में नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुये स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ सेटेलाइट फोन खरीदेगी पूलिस मुख्यालय ने दस सेटेलाइट फोन खरीदने के लिये मंजूरी दी है गृह विभाग की आरक्षी शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि फोन की खरीद के लिये ग्यारह लाख सोलह हजार रूपये की मंजूरी दी गयी है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्लास्टिक की सामग्री का काफी कम उपयोग करने का निर्देश दिया है चुनाव प्रचार को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाये रखने को कहा है इसकी निगरानी के लिये आयोग ने विशेष टीम का गठन किया है आयोग ने कहा है कि प्लास्टिक के झंडे बैनर और पोस्टर नहीं लगाये जायेंगे इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर हैलोजन लाइट और दो सौ वाट के बल्ब को भी लगाने से रोक दिया गया है चुनाव आयोग ने मतदाताओं की उंगली पर लगाये जाने वाले पक्की स्याही की छब्बीस लाख बोतलों को बनाने का ऑर्डर दिया है इसे कर्नाटक सरकार का उपक्रम मैसूर पेंट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड बना रहा है प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है मौसम विभाग ने कहा कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान पैंतीस डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है हिमालय क्षेत्र में चक्रवाती हलचल का असर भी राज्य में पड़ने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल राज्य के कुछ स्थानों पर चक्रवाती हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है जबकि न्यूनतम तापमान औसत एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदेश में ठंड के बाद विकसित होने वाले लोकल थंडर स्टॉर्म का प्रभाव एक महीने पहले ही शुरू हो गया है जिससे पठारी इलाकों में वज्रपात की संभावना बढ़ गयी है आने वाले दो महीने में औरंगाबाद से जमुई तक बारिश और वजपात की घटनायें ज्यादा होने की आशंका है कल पटना का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव आठ डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सत्रह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान पैंतीस डिग्री और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में दो अलग अलग गांव में आग लग जाने से बासठ घर जलकर राख हो गये जिसमें दस लाख रूपये के संपत्ति के नुकसान को अनुमान लगाया गया है वहीं पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न स्थानों पर आग लग जाने से तेईस घर जलकर राख हो गये हैं पटना जिले के कदमकुआं के नाला रोड के पास से पुलिस ने एक सौ चौंसठ बोतल शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के बरौली थाने के मिर्जापुर मोड़ के पास ट्रक और ऑटोरिक्शा की टक्कर में दो महिला और एक बच्ची की मौत हो गयी नालंदा जिले में पुलिस ने अररिया जिले के एक एएसआई को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान और बहेड़ी थाना क्षेत्र में बिजली का हाईटेंशन तार टूट कर गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गयी मुंगेर जिले में शामपुर ओपी क्षेत्र के गौरा गांव से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है भुवनेश्वर में चल रहे महिला अंडर टवेंटी थ्री वन डे टूर्नामेंट के अपने चौथे मैच में बिहार ने मेघालय को एक सौ पैंतीस रनों से पराजित कर दिया बिहार का अगला मैच कल अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ होगा वहीं बिहार नौवीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में पटना खगड़िया और पूर्णिया ने अपने अपने मैच को जीत लिया है विजेता टीमें आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक दूसरे का सामना करेंगी उधर ओडिशा के खालीकोट में उनतीस से इकतीस मार्च तक होने वाले पांचवीं ऑल इंडिया अंतर क्षेत्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सीमांचल की तीन सीटें कांग्रेस को अखबार ने एक अन्य खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये शीर्षक दिया है घोषणा पत्रों में रोजगार के वादों से बचेंगे दल दैनिक जागरण लिखता है महागठबंधन में फिर तकरार अखबार ने एक दूसरी खबर में लिखा है महागठबंधन ने किया दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान दैनिक भास्कर ने हाल ही में कांग्रेस में आये पप्पू सिंह को पूर्णिया व तारिक को कटिहार से टिकट को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने महागठबंधन ने किया किनारा भाकपा ने कन्हैया को बेगूसराय सीट से उतारा की खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है अखबार आज ने बांका से जयप्रकाश भागलपुर से लडेंगे बुलो शीर्षक के सथ खबर प्रकाशित किया है इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है जिसमें दैनिक भास्कर ने हार्ट अटैक का शुरूआती इलाज सीएचसी जिला अस्पतालों में भी हिन्दुस्तान ने बाहुवलियों की पत्नियां आमने सामने को प्रकाशित किया है

राज्य में चुनाव को प्रभावित करने वाले ग्यारह लाख लोगों की हुयी पहचान

जांच के लिये बनायी गयी विशेष टीम और मौसम विभाग ने जतायी आशंका